शिमला में आज स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा को लेकर अधिकारियों के साथ एक बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि ये रथ यात्रा प्रदेश के लोगों में अपनत्व की भावना पैदा करेगी

रामस्वरूप सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा है कि केंद्र सरकार ने मण्डी जिले के नागचला में हवाई अड्डे के निर्माण के लिए एक हजार करोड़ रूपए जारी कर दिए हैं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने हाल ही में वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह से मुलाकात कर प्रभावी ढंग से ये मुद्दा उठाया था रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद हवाई अड्डे का निर्माण शुरू होगा मेंट मण्डी जिला परिषद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष पाल वर्मा ने आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र से मेंट की मुख्यमंत्री ने कहा कि पाल वर्मा के नेतृत्व में मण्डी जिला विकास के नये आयाम स्थापित करेगा उन्होंने जिला परिषद अध्यक्ष से लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए समर्पण की भावना से काम करने का आहवान किया उधर चंबा में भाजपा समर्थित सदस्य नीलम कूमारी को जिला परिषद और हाकम राणा को उपाध्यक्ष चूना गया चंबा में आज उपायुक्त दुनीचंद राणा की अध्यक्षता में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदों के लिए चुनाव हुआ इस अवसर पर वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि जिला परिषद पर भाजपा समर्थित उम्मीदवारों की भारी जीत से ये स्पष्ट हो गया है कि लोगों ने जयराम सरकार की नीतियों पर विश्वास जताया है वीरेन्द्र कंवर राज्य सरकार ऊना जिले में ब्रहमोती मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगी

भाजपा प्रदेश भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कल लोकसभा में प्रस्तुत केंद्रीय बजट को ऐतिहासिक बजट बताया है उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र को पहली बार इतना बड़ा बजट मिला है जिससे स्वास्थ्य क्षेत्र में कांति आएगी खन्ना ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के कल्याण के लिए समर्पित है और कृषि क्षेत्र को भी बजट में विशेष स्थान मिला है उन्होंने कहा कि इन बजट प्रावधानों से हर क्षेत्र में विकास को गति मिलेगी युवा कांग्रेस युवा कांग्रेस ने देश की गिरती अर्थव्यवस्था के लिए केंद्र सरकार की कथित गलत नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास और कांग्रेस कमेटी के सह सचिव व प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने आज शिमला में एक संयुक्त पत्रकार वार्ता में कहा कि सरकार मंहगाई पर अंकृश लगाने में विफल रही है और बेरोजगारी भी लगातार बढ़ रही है उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में कृषि के लिए कम धनराशि का प्रावधान किया गया है

राज्य में आज अभी तक कोरोना के सात नए मामले आए हैं